स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर में लगातार वृद्धि हो रही है

डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिकों से इस महामारी की रोकथाम के उपाय तलाशने में तेजी लाने की अपील की उन्होंने कहा कि छह वैक्सीन पर परीक्षण चल रहा है जिनमें चार का परीक्षण अंतिम चरण में है जैव प्रोद्यौगिकी विभाग की सचिव रेणु स्वरूप ने स्वास्थ्य मंत्री को अनुसंधान रणनीति की जानकारी दी तथा इस महामारी से निपटने की तात्कालिक और दीर्घावधि तैयारियों की कार्ययोजना से अवगत कराया इन प्रयासों में वैक्सीन संबंधी अनुसंधान और देश में नैदानिक सुविधा का विकास शामिल है

डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि देश के तीन सौ सात जिले संक्रमण मुक्त यानी ग्रीन जोन में हैं

उन्होंने कहा कि इनकी संख्या में रोजाना बहत तेजी से बदलाव हो रहा है और जितनी जल्दी संभव हो सके अधिक से अधिक जिलों को संक्रमण मुक्त करने की जरूरत है

उन्होंने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन अथवा दुरूपयोग करने वालों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई की जायेगी श्री अवस्थी ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण प्रदेश में लागू लॉकडाउन के दौरान आठ हजार एक सौ चालीस औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू हो गया है प्रदेश की चालीस चीनी मिलों में भी काम चल रहा है जहां साठ हजार मजदूरों को रोजगार मिला है प्रदेश के पैंतीस हजार दो सौ तिरासी कॉमन सर्विस सेन्टर भी काम करने लगे हैं

उन्होंने बताया कि प्रयागराज में पढ़ाई कर रहे विभिन्न जिलों के छात्र छात्राओं को उनके घरों तक भेजने की व्यवस्था जारी है

उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में इस संक्रमण के एक हजार छह सौ दो एक्टिव मामले हैं

उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन लगभग चार हजार सैम्पल टेस्ट के लिये भेजे जा रहे हैं सैम्पल संकलन की गुणवत्ता के लिये आईसीएमआर के दिशा निर्देशों के पालन के लिये प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है प्रदेश में पूल टेस्टिंग का काम भी जारी है अब तक दस लैब में तीन सौ बत्तीस पूल के एक हजार छह सौ बारह सैम्पल लिये गये इनमें स पन्द्रह पूल पॉजिटिव आये हैं उन्होंने बताया कि सरकार ने बच्चों के प्रतिरक्षण कार्यक्रम को इस सप्ताह से शुरू करने का फैसला किया है परन्तु इसके लिये सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सावधानियों का पालन जरूरी होगा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

केन्द्र सरकार ने स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के दारान भी विद्यार्थियों को मध्याहन भोजन प्रदान करने का निर्णय किया है

इसके लिए आवंटन बढ़ाकर आठ हजार एक सौ करोड़ रुपये कर दिया गया है मध्याहन भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत दाल सब्जी तेल मसाले और ईंधन की खरीद के लिए वार्षिक केंद्रीय आवंटन पहले सात हजार तीन करोड़ रुपये था जाने माने अभिनेता इरफान खान का आज सुबह मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया

चार दिन पहले ही इरफान खान की मां का निधन हुआ था पेट में संक्रमण के बाद उन्हें एक अस्पताल में गहन जांच इकाई में भर्ती किया गया था

इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया लेकिन मकबूल लाइफ इन ए मेट्रो पान सिंह तोमर और पीकू जैसी फिल्मोंक से उन्हें खास पहचान मिली इरफान खान ने स्लम डॉग मिलेनियर अमाइटी हार्ट जुरासिक वर्ल्ड और द अमेजिंग स्पाइडर मैन जैसी अनेक अंतरर्ष्ट्रीय फिल्मों में भी काम किया उनकी फिल्म लाइफ ऑफ पाय ने बड़े पैमाने पर सफलता हासिल की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर न इरफान खान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रख्यात फिल्म अभिनेता इरफान खान के असामयिक निधन पर गहरा द्ःख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा कि इरफान खान का इतनी जल्दी दुनिया को अलविदा कह देने से न केवल फिल्म जगत को अपूरणीय क्षति हुई है बल्कि उनकी उत्कृष्ट अभिनय क्षमता से सिनेदर्शकों को भी वंचित होना पड़ा है मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के दौरान सामाजिक सहायता में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया जा रहा है यहां की धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध करा रही है एक रिपोर्ट भूखे को भोजन देने से बड़ा पूण्य संसार में कोई द्रसरा नहीं है इसी सोच के साथ मुजफ्फरनगर की सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं सेवा के लिए आगे आगई है

पालिका की टीम भोजन एकत्र कर जरूरत मंद लोगों में वितरित कर रही है

रणवीर सिंह सैनी आकाशवाणी समाचार मुजफ्फरनगर

कम्पगनी ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में एक स्टार्टअप को वेंटिलेटर निर्माण में सहायता देनी शुरू की है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कम्पनी की विशेषज्ञता और क्षमताओं से बडे पैमाने पर कम लागत के वेंटिलेटर तैयार होने की संभावना है कार उत्पादन के मामले में देश में घर घर में जाना पहचाना नाम बन चुकी मारूति सुजूकी अब अपनी क्षमता और विशेषज्ञता का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कम कीमत के वेंटीलेटर बनाने में कर रही है जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की जान बचाने में काम आएंगे

ये कम कीमत के वेंटीलेटर एग्वार हैल्थ केयर ने डिजाइन किए हैं और मारूति सुजूकी इसके उत्पादन से जुड़े कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली फर्मो को साथ लाने और गुणवत्ता निर्धारण को जरिये इस उत्पादन को बढ़ाने का काम कर रही है मारूति सुजूकी के अध्यक्ष आर सी भार्गव ने उत्पादन और उससे जुड़े द्रसरे मामलों में केन्द्र और राज्य सरकार के सहयोग की जम कर तारीफ की

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों से बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है श्री निशंक ने कल वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों के साथ बातचीत में यह बात कही उन्होंने राज्यों से यह भी कहा कि वे अपने अपने राज्यों में विद्यार्थियों की उत्तर प्रस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सुविधाएं प्रदान करें

उन्होंने कहा कि इस दिशा में दीक्षा स्वयम् स्वयम् प्रभा और ई पाठशाला जैसे ऑनलाइन मंचों को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं

एक राज्य ने छोड़कर देश के सभी राज्यों ने दीक्षा पोर्टल पर अपने को जोड़ा है और वो विद्या दान वन करके हम लोगों ने इसको शुरू किया था और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है दीक्षा पोर्टल के माध्यरम से हम पूरे देश के छात्रों को दे पा रहे है